कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शिल्पा गुप्ता ने मतदान दलों के प्रशिक्षण के दौरान यह जानकारी दी वहीं सतना में आज मतदान दल के चार हजार कर्मचारियों के प्रशिक्षण की शुरूआत हई उधर बैतूल में भी दिव्यांग मतदाताओं के लिये सुगम मतदान कराने हेतु तैयारियां की जा रही हैं दिव्यांग जनों को जागरूक करने के लिये दिव्यांग मतदाताओं की एक रैली निकाली गई इसके पहले उन्हें ईवीएम और वीवीपेट मशीन की जानकारी दी गई अनूपपुर में भी चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्वेश्य से कल पिंक रैली निकाली जायेगी वहीं श्योपुर में भी निर्वाचन की तैयारियां जोरों पर हैं

खंडवा में नागरिकों को जागरूक बनाने के लिये अनूठी पहल की गई है हमारे खंडवा संवाददाता ने बताया है कि जिले में नागरिकों को गुलाब का फूल देकर मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है कांग्रेस आरोप प्रदेश कांग्रेस ने आज राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर स्वास्थ्य मंत्री रूस्तम सिंह पर आरोप लगाए हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेन्द्र गुप्ता ने एक प्रेस विज्ञप्ति में स्वास्थ्य मंत्री से सवाल पूछा है कि वे बतायें कि उनकी सरकार ने कितने नये शासकीय मेडिकल कालेज और अस्पताल खोले हैं

स्वीप अभियान रीवा में मतदान जागरूकता के लिये स्वीप कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं हाल ही में प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों छात्र छात्राओं और आम नागरिकों ने हजारों की संख्या में गुब्बारे उड़ाकर अधिक से अधिक मतदान के लिये लोगों को प्रेरित किया इस दौरान मौजूद लोगों को मतदान करने की शपथ भी दिलाई गई जिला निर्वाचन अधिकारी प्रीति मैथल ने लोगों से लोकतंत्र को मजबूत बनाकर देश के विकास में भागीदार बनने का आह्वान किया

डेंगू से पीड़ित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है ग्वालियर मुरैना के अस्पतालों में डेंगू पीड़ित मरीज भर्ती हैं वहीं डेंगू पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि जिला चिकित्सालय में समुचित व्यवस्थाएं नहीं मिल रही हैं

जनवरी माह से होशंगाबाद में कार्य शुरू हो जायेगा